प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व शांति सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के आज एक सौ वष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि युद्ध से होने वाले विनाश पर स्थाई विराम लगना चाहिए श्री मोदी ने अपने संदेश में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले जाबांज भारतीय सिपाहियों का स्मरण किया इस अवसर पर आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित समारोह में लगभग सत्तर देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं इनमें अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी में लगभग चौबीस सौ करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री वाराणसी में गंगा नदी पर देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह का लोकार्पण करेंगे इस जल परिवहन सुविधा का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री वाजिदपुर म आयोजित समारोह में बाबतपुर वाराणसी चार लेन एवं रिंग रोड मार्ग सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री के यहां भ्रमण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का कई बार जायजा ले चुके हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में लोगों से अपील की है कि वे दीपावली पर सजाए सवारे गए अपने अपने घरों से सजावट को अभी ना हटाए मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार वाराणसी राज्यपाल राम नाईक ने डॉक्टरों से चिकित्सा विज्ञान की प्रगति की जानकारी रखने के साथ साथ रोगियों को भी उससे लाभान्वित करने का आहवान किया है लखनऊ में आज राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित निःशुल्क सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल ने यह बात कही राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा अवकाश के दिनों में रोगियों की सेवा करना समाज के प्रति एक तरह का समयदान है चिकित्सा शिविर में देश और प्रदेश से चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया शिविर में मरीजों को निःशुल्क परामर्श जांच और औषधि भी वितरित की गई

राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रोफसर रामगोपाल गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक मनुस्मृति और आधुनिक समाज का विमोचन भी किया बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में आज से दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला शुरू हो गया है केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने आज इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया मेले में एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर मरीजों की निःशुल्क जांच कर उन्हें मुफ्त में दवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं सांसद निधि की मदद से लगाये गये इस मेले में पहले दिन आज चार सौ से अधिक मरीजों ने अपना उपचार कराया

किसी भी आदमी को किसी भी रोगी को कोई भी पैसा नहीं देना होगा

बरेली में आज केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में स्वच्छ सर्वेक्षण महारैली का आयोजन किया गया यह रैली जिले की कोहारा पीर चौरोहे से शुरू होकर गॉधी उद्यान पर समाप्त हुई रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मुख्य एजेंडा देश को स्वच्छ बनाना है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

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज झांसी के मऊरानीपुर तहसील के ब्लॉक बंगरा में भोज बाल समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सड़क निर्माण की दो सौ छाछठ करोड़ रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक सौ बहत्तर करोड़ रूपये की लागत से सड़कें बनायी जायें गी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक कार्यकम में भी भाग लिया उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से रूबरू कराने का आहवान किया श्री मौर्य ने कहा कि आज के युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया भी आम जनता से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है सूर्योपासना का चार दिवसीय छठ पर्व आज से नहाय खाय के साथ शुरू हो गया हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट सूर्योपासना का महापर्व सूर्यषष्ठी यानी छठ पर्व आज से पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ शुरू हो गया छठ व्रतियों ने आज शाम कद्दू की सब्जी व चावल खाकर अपना व्रत शुरू किया

तत्पश्चात् पुनः निर्जला व्रत रहते हुए मंगलवार को डूबते हुए भगवान सूर्य की आराधना कर अर्घ्य देंगी तथा बुधवार को उगते हुए भगवान सूर्य को अर्ध्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी छठ पर्व को लेकर जहां छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही हैं वहीं छठ घाटों पर रौशनी के विशेष प्रवन्ध किये जा रहे हैं छठ पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गयी है विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से ग्यारह से पन्द्रह नवम्बर तक बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है इस बारे में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हमारी सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन महान कार्यकर्ताओं का ब्रथ पे सम्मान करने के लिए पार्टी नेतृत्व से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उपमुख्यमंत्री जी और प्रदेश मंत्रिमंडल के सारे मंत्रीगण इसके अतिरिक्त पार्टी के पदाधिकारी सांसद विधायक सब ब्रथों पर जा रहे हैं और ब्रथ पर जा करके कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं उनसे संवाद कर रहे हैं वहां की स्थानीय स्तर पर जो सरकार की नीतियों का कार्यक्रम है उनके क्रियान्वयन को भी देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को आज दिल का दौरा पड़ने के बाद झांसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी स्थिति में सुधार न होने के कारण उन्हें एयर एम्बुलेंस से गुड़गांव के मेधांता अस्पताल भेजा गया है श्री चौधरी मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने आये थे आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है

मौलाना आजाद स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे